हालांकि अधिकांश नदी नाले अभी भी उफान पर हैं और विभिन्न जलाशयों से पानी छोड़ा जा रहा है अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है जांजगीर चांपा जिले में महानदी नदी खतरे के निशान से ऊ पर बह रही है

विवाद की सूचना के बाद पुलिस चौकी सुरगी की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद नाली साफ कराकर पानी को बाहर निकाला गया बाढ़ के कारण दककोटोला गांव टापू बन गया है अंतागढ़ चौकी क्षेत्र के चिल्हाटी के आसपास भी बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है

इधर महासमुंद जिले के सरायपाली विकासखंड में मकानों के क्षतिग्रस्त होने पर सोलह प्रभावितों को लगभग दो लाख रूपये का मुआवजा राशि प्रदान की गई है वहीं बसना के पंद्रह प्रभावितों को लगभग एक लाख उनतालीस हजार रूपये की राहत राशि दी गई है

वहीं जिले में करीब तेईस सौ लोगों को राहत शिविरों में सुरिक्षत रखा गया है

दूसरी ओर बिलासपुर जिले के मस्तुरी बिल्हा और तखतपुर क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने के कारण आठ सौ तिरसठ लोगों को रेस्क्यू किया गया है जिले में प्रभावित लोगों के लिए उन्नीस राहत शिविर बनाए गए हैं इस बीच मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है वहीं अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी होने के भी आसार हैं बारिश मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से लोगों की जान की सुरक्षा के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बारिश से प्रभावित लोगों को तत्परता से राहत पहंचाने भी कहा है श्री बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से कल वीडियो कॉन फ्रे सिंग के जरिये सभी जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और उन्हें राहत शिविरों में ठहराने के साथ ही उनके भोजन तथा स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना सं क्र मण को देखते हुए राहत शिविरों में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग सैनिटाईजेशन सहित अन्य इंतजाम किए जाने चाहिए

इस अवसर पर राष्ट्र पति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन् फ्रेंस के जरिए वर्ष दो हजार बीस के राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार प्रदान किए उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक कार्य पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि खेलों में उत्कृ ष्टता और उपलब्धियां हासिल करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से खेल संस् कृ ति को बढ़ावा दिया जा सकता है राष्ट्र पति ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि अब खेल और फिटनेस युवाओं की सोच और दिनचर्या का हिस्सा बन गये हैं उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति माता पिता अभिभावकों और शिक्षकों का रवैया भी बदल रहा है श्री कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया कि सबके सामूहिक प्रयासों से भारत खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरेगा मुझे विश्वास है कि सबकी भागीदारी के बल पर किए गए सामूहिक प्रयासों से भारत एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा

हम इस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे

भारत में भी इससे खेल की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं श्री कोविंद ने इस बात पर भी खुशी व्यक्त की कि खिलाड़ी और कोच अॉनलाइन कोचिंग तथा वेबिनार के जरिये संपर्क में हैं उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय और अन्य संस्थानों ने भी कोच और खिलाड़ियों से संपर्क बनाये रखा है राष्ट्र पति ने आशा व्यक्त की कि खेलों की दुनिया से जुड़े लोग अधिक मानसिक शक्ति के साथ उपलब्धियों का नया इतिहास रचेंगे श्री कोविंद ने कहा कि खेल और खिलाड़ी देशवासियों के बीच एकजुटता की भावना मजबूत करते हैं राष्ट्र पति ने ह ॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी अनुकरणीय खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने नवा रायपुर में नये विधानसभा भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया यह भवन नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर उन्नीस में महानदी और इंद्रावती भवन के पीछे इंक्यावन एकड़ में बनेगा मुख्य भवन का निर्माण बावन हजार चार सौ संतानवे वर्गमीटर में किया जाएगा इसकी लागत लगभग दो सौ सत्तर करोड़ रूपये होगी भूमिपूजन कार्य क्र म में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और सांसद राहल गांधी वर्चअल रूप से शामिल हए

कोरोना सं क्र मण की वजह से काम में थोड़ा विलंब हुआ है उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी वर्षों में नवा रायपुर में राज्यपाल मंत्री और शासन प्रशासन से जुड़े लोग रहने लगेंगे तथा सुविधाएं भी बढ़ेंगी विधानसभा सत्र समापन छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का कल समापन हो गया इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि कोरोना सं क्र मण की विषम परिस्थितियों में विधानसभा का सत्र आहूत कर और उसे सफल बनाने में विधानसभा के सभी सदस्यों ने अपनी कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में आहूत होने की संभावना है इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में विधानसभा के सभी सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया और संवैधानिक दायित्वों का पालन करते हुए मतदाताओं और क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया छत्तीसगढ़ी आठवीं अनुसूची छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का शासकीय संकल्प सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह शासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तक संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और मान्यता के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होना आवश्यक है कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना सं क्र मित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है दुर्ग जिले में आज साठ नये कोरोना सं क्र मित मरीजों की पहचान की गई है वहीं नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में एक ही दिन में पैंतालीस कोरोना संक्र मित मरीज मिले हैं इसके बाद महानदी और इंद्रावती भवन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मंत्रालय और संचालनालय में बाहरी लोगों के आने जाने पर भी रोक रहेगी जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड में छह नये कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पुष्टि हुई है इधर कोरोना सं क्र मण के मद्देनजर जांजगीर चांपा जिला चिकित्सालय में हर मंगलवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र बनाने का कार्य आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है वहीं महासमुंद जिले के बसना विकासखंड में आज दो कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं जिले में एक अन्य कोरोना सं क्र मित मरीज की मौत होने की जानकारी मिली है इस बीच महासमुंद जिला न्यायालय में कोरोना मरीज मिलने के बाद तीस और इकतीस अगस्त को कोर्ट परिसर में सैनिटाईजेशन कार्य किए जाने को कारण न्यायालय बंद रहेगा उधर बीजापुर जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन द्वारा दूध सब्जी किराना दुकानों और बैंकों को दोपहर तीन बजे तक खोलने अनुमति दी गई है इस बीच मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में बीती रात कोरोना सं क्र भित एक पैंसठ वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई इधर रायपुर जिले में आयुष विश्वविद्यालय तथा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट उपरवारा को अस्थायी कोविड नाइंटीन हॉस्पिटल बनाया गया है वहीं लक्षणरहित कोरोना पीड़ितों के लिए छात्रावासों को कोविड केन्द्र बनाया जाएगा कोरोना निजी अस्पताल प्रदेश में कोरोना सं क्र मण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य शासन ने निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज आइसोलेशन और होम केयर की अनुमति दी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त अस्पतालों में स्वयं के व्यय पर मरीज भर्ती होकर कोरोना सं क्र मण के उपचार आइसोलेशन और होम केयर की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं वहीं कोरोना सं क्र मितों के इलाज के लिए स्थापित जिला स्तरीय कोविड अस्पतालों में निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के सहयोग से आईसीयू और ऑपरेशन थियेटर का संचालन किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टरों को स्थानीय आईएमए शाखा की बैठक लेकर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं प्र धानमंत्री मन की बात प्र धानमंत्री नरें द्र मोदी कल आकाशवाणी पर सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्य क्र म में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्य क्र म की अड़सठवीं कड़ी होगी यह कार्य क्र म आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह कार्य क्र म आकाशवाणी की समाचार वेबसाइट और न्यूज अ ॉन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्र सारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्र सारण किया जाएगा हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्य क्र म आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में यह प्रसारित किया जाएगा जिसे क्षेत्रीय भाषाओं में शाम आठ बजे फिर से सुना जा सकता है सुरक्षा बल दीक्षांत समारोह दुर्ग के उतई स्थित औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में दूसरे बैच के रेलवे सुरक्षा बल आरक्षक और जीडी के बुनियादी कोर्स का दीक्षांत परेड समारोह हुआ इसमें चार सौ इकसठ प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया प्रशिक्षुओं को पैंतीस सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया है दीक्षांत परेड समारोह में आईआरपीएफएस के महानिरीक्षक एएन सिन्हा ने प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्र की बदली परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार स्वयं को तैयार रखने का आव्हान किया इस अवसर पर प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को द्र ॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए फिट इंडिया रेलवे रेलवे ने खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया फ्र ी डम रन पहल को पूरे भारतीय रेलवे पर लागू करने का फैसला किया है यह पहल फिट इंडिया अभियान के तहत की जा रही है इसके लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी दो हजार से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है इनमें बिलासपुर रायपुर और नागपुर रेलमंडल के कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं खेलो इंडिया लघु केन्द्र कोरिया जिले में खेलो इंडिया लघु केन्द्र की स्थापना की जाएगी इस केन्द्र में पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों के अनुभवों का उपयोग नये खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा खेलो इंडिया लघु केन्द्र के लिए चौदह खेलों को चिन्हित किया गया है यहां प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए खेल के क्षेत्र में उपलब्धि रखने वाले इच्छ्क खिलाड़ियों से पांच सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं

जगदलपुर में आयोजित कार्य क्र म में खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी प्रतिभा निखारने वाले प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने आज नवा रायपुर के सेक्टर चौबीस में निर्माणाधीन राजभवन मुख्यमंत्री निवास सहित मंत्रियों और अधिकारियों के आवासीय परिसरों की प्रगति का जायजा लिया